झारखंड के रांची में प्रभात तारा ग्राउंड में आज सवेरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते समय में रोगो से सुरक्षा के साथ साथ शरीर को स्वस्थ् रखने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा उन्होंने कहा कि योग अनुशासन और समर्पण है जिसका जीवनभर पालन किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग उम्र रंग जाति संप्रदाय नस्ल धन निर्धनता प्रांत और सीमाओं के अंतर से परे है उन्होंने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग का महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि योग निर्धन को रोगों और गरीबी से मुक्ति दिला सकता है योग ज्ञान कार्य और समर्पण का संपूर्ण रुप है उन्होंने योग से संबोधित अनुसंधान पर बल दिया